पीएम केवड़िया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न भागों से केवड़िया को जोड़ने वाली आठ रेलगाड़ियां झंडी दिखाकर रवाना कीं इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाड़ियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे मिशन और सरदार वल्लभभाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है वहीं प्रदेश का रीवा जिला उन स्थानों में से एक है जिसे आज केवडिया से सीधा संपर्क मिल गया रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र का ध्यान रखा है

उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई ट्रेन से न केवल केवड़िया दर्शन करने का अवसर मिलेगा बल्कि रीवा और विंध्य क्षेत्र गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ सकेंगे रीवा से केवाड़िया स्पेशल ट्रेन को सतना में सांसद गणेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा यह ट्रेन विंध्य क्षेत्र के लोगों को स्टेच्यू आफ पहुंचाने में मददगार होगी सड़क सुरक्षा सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल सोमवार को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे

इस कार्यक्रम को देशभर में आम जनता विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है

सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूल एवं कॉलेजों के साथ साथ चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ मिलकर कई तरह की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा बर्ड फ्लू निर्देश केन्द्रीय मत्स्यपालन पश्पालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्यप्रदेश के छतरपुर गुजरात के सूरत नवसारी और नर्मदा महाराष्ट्र के कुछ स्थानों उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों में एविएन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है

मुख्यमंत्री सिंगरौली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले में दो सौ छिहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की राशि के कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण किया साथ ही श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच सौ चार हितग्राहियों को नये आवास की चाबी प्रदान की

उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले के लिए बरदान बनने वाली गौंड़ सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जायेगा

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं

अच्छी खबर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि नारी से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा इस कड़ी में नारी सुरक्षा आत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण के लिए रीवा में भी नारी सम्मान अभियान चलाया जा रहा है